रिश्वतखोर अधिकारियों और कर्मचारियों को पकड़वाने वाले लोगों को राज्य सरकार एक हजार रूपये से दस हजार रूपये तक का इनाम देगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय का फैसला किया गया ऐसे लोगों का नाम और पता गुप्त रखा जाएगा साथ ही सरकार गवाही के समय आने जाने और भोजन के लिए प्रतिदिन दो सौ रूपये देगी इसके अलावा कैबिनेट ने नौ सौ सैंतालीस भूमिहीन प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण को भी मंजूरी दी अब तक इन विद्यालयों को दूसरे विद्यालयों के साथ जोड़कर संचालित किया जा रहा था एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए एक सौ इक्यानवे पदों को मंजूरी दी है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि प्रदेश में जीविका के तहत चलने वाले सभी स्वयं सहायता समूह को अब सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर ऋण मिलेगा विधान परिषद् में एक अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में श्री मोदी ने कहा कि अब तक यह योजना प्रदेश के पिछड़ा घोषित सत्रह जिलों में ही लागू थी वहीं एक अन्य अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में उपमुख्यमंत्री ने कहा है कि वर्ष दो हजार सोलह से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मियों के पेंशन पुनरीक्षण का काम इकतीस मार्च तक पूरा हो जाएगा उन्होंने बताया कि राज्य में ऐसे कर्मियों की संख्या दो लाख तिरपन हजार है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की चौबीसवीं बैठक आज ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित हो रही है इस परिषद् में बिहार झारखंड ओडिशा और पश्चिम बंगाल शामिल हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक की अध्यक्षता करेंगे बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे बैठक में अंतर राज्य जल मुद्दे बिजली ट्रांसमिशन लाईन और कोयले की खानों की रॉयल्टी जैसे कई मुद्दों पर चर्चा होगी प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में अब पीवीसी फ्लैक्स वाले पोस्टर बैनर का उपयोग नहीं होगा सरकार ने ऐसे बैनरों के उपयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में यह फैसला किया गया है उन्होंने बताया कि सभी सरकारी कार्यालयों को पीवीसी फ्लैक्स और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने संबंधी आदेश निर्गत कर दिया गया है श्रीनगर में हुई बर्फबारी में बिहार का एक जवान शहीद हो गया शहीद जवान सुशील कुमार सीतामढ़ी जिले के मेजरगंज प्रखंड के डुमरी कलां गांव का रहने वाला था शहीद जवान का पार्थिव शरीर आज पैतृक गांव पहुंचने की संभावना है उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में बिहार के दो युवकों की मौत हो गई मृतकों में से एक की पहचान भोजपुर जिले के चांदी थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव के दीपक कुमार के रूप में हुई है वहीं एक अन्य युवक विपिन बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड के सोनवा गांव का रहने वाला था पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य के ग्यारह व्यवहार न्यायालयों से पांच हजार एक सौ पंचानवे मुकदमों को ग्राम कचहरियों में हस्तांतरित किया गया है इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा पटना हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर किया गया सरकार की ओर से कहा गया है कि बाकी बचे जिलों में मुकदमों की छंटनी की जा रही है और यह काम पूरा होते ही ये मुकदमे ग्राम कचहरी भेज दिए जाएंगे इंटरमीडिएट परीक्षा की कॉपियों के मुल्यांकन में योगदान नहीं करने वाले पटना जिले के सत्तर शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज करायी गई है वहीं कैमूर जिले में इक्यानवे शिक्षकों को निलंबित करने का आदेश जारी किया गया है पटना उच्च न्यायालय ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के वित्तीय सलाहकार को हटाने का आदेश दिया है न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकल पीठ ने एक सेवानिवृत्त कर्मी को सेवानिवृत्ति लाभ का भूगतान नहीं किए जाने के मामले में वित्तीय सलाहकार द्वारा स्पष्ट जवाब नहीं दिए जाने को लेकर यह आदेश सुनाया नल का जल योजना में अनियमितता बरतने के आरोप में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने बारह ठेकेदारों पर चौबीस लाख रुपए का जुर्माना किया है इन सभी पर मानकों के अनुरूप काम नहीं करने और समय पर काम निष्पादित नहीं करने का आरोप है पूर्व मध्य रेलवे ने कोहरे के कारण पिछले दिनों रद्द किए गए बीस ट्रेनों का परिचालन एक मार्च से शुरू करने की घोषणा की है पहले ये ट्रेनं इकतीस मार्च तक के लिये रद्द की गयी थी इधर रेलवे ने होली पर यात्रियों की उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए पटना और पुणे के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है यह ट्रेन पटना से पांच और बारह मार्च को जबकि वापसी में पुणे से छह और तेरह मार्च को खुलेगी भुवनेश्वर में खेले जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की बालिका रग्बी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है सभी लीग मैच जीतकर विश्वविद्यालय की टीम शीर्ष स्थान पर रही सेमीफाइनल में आज पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की टीम का मुकाबला नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर से होगा पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में संपन्न चौथे बिहार एकलव्य खेल के कबड्डी स्पर्धा के बालक वर्ग का खिताब पटना ने जबकि बालिका वर्ग का खिताब बेगूसराय ने जीता वहीं फुटबॉल में पटना ने मुंगेर को पराजित कर खिताब पर कब्जा जमाया भारोत्तोलन में एकलव्य सेंटर की टीम चैंपियन बनी मध्बनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के कटैया रोड पर अपराधियों ने एक निजी फायनांस कंपनी के कर्मचारी से सात लाख रूपये लूट लिए लूटपाट की घटना के दौरान अपराधियों ने कर्मी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया दरभंगा जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में शराब कारोबारियों को पकड़ने गई पुलिस टीम के जवान अभिषेक कुमार जायसवाल की करंट लगने से मौत हो गई वन विभाग और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में नवादा जिले के रजौली स्थित अभ्रक खदान से एक जेसीबी दो ट्रक और एक जीप को जब्त किया गया है जमुई जिले की एक अदालत ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है मामले के दो आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने बिहार विधानसभा में जातीय जनगणना से जुड़े प्रस्ताव के पारित होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान लिखता है वर्ष दो हजार इक्कीस की जनगणना को लेकर विधानसभा में पारित प्रस्ताव की जानकारी केन्द्र सरकार को दी जायेगी दैनिक जागरण ने लिखा है विधानसभा में आठ हजार आठ सौ अड़सठ करोड़ रूपये का अनुपूरक बजट पेश प्रभात खबर की सुर्खी है पांचवें दिन दिल्ली में शांति तेजी से सुधर रहे हैं हालात दैनिक भास्कर ने लिखा है पटना उच्च न्यायालय ने मंजू वर्मा और उनके पति के खिलाफ निचली अदालत में सुनवाई रोकी राष्ट्रीय सहारा लिखता है रिम्स में ही होगा लालू प्रसाद का इलाज जांच रिपोर्ट की समीक्षा के बाद लिया गया निर्णय

दैनिक आज ने लिखा है महिला विश्व कप में भारत की टीम सेमीफाइनल में